मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रयास जारी रहने चाहिए

श्री कोविंद ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और हित में कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के जरिए सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए उपाय भी तलाशे जानें चाहिए उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरण अनुकुल बनाने में भी मदद मिलेगी राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र देश में ई गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है इसने सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क को सहज बनाने के लिए कई पहल की हैं

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दल के युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रियता एवं सहभागिता सुनिश्चित करने का आहवान किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और राजस्व गांवों में युवक एवं महिला मंगल दल का गठन किया जाये इन दल के सदस्यों को गांव में नशे के दुष्परिणामों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिये प्रेरित किया जाये उन्होंने कहा कि टीबी को समाप्त करने के अभियान में भी मंगल दल के सदस्यों को जोड़ा जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ दिलाने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है उन्होंने धान खरीद कार्य को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये प्रयासरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक राजस्व ग्रामों में दुग्ध समितियों के गठन की कार्रवाई की जाये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन करके इन्हें डेयरी परियोजना से जोड़ा जाये मुख्यमंत्री ने पीसीडीएफ की डेयरियों को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आगामी माघ मेले की सभी तैयारियां गुणवत्तापूर्ण ढंग से की जाये

उन्होंने कोरोना के नये स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए अतिरिकत सतर्कता बरतने को निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिये प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की मेडिकल टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाये नये स्ट्रेन के टेस्टिंग के संबंध में प्रदेश की प्रयोगशालाओं को आवश्यक उपकरणों से लैस करने के लिये जरूरी प्रबंध किये जाये साथ ही कांटेक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस कार्य को पूरी सतर्कता से संचालित किया जाये उन्होंने कहा कि आगामी दस जनवरी से मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है

साथ ही आयुष्मान भारत योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए योजना के पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था भी की जाये

ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यह टीके विफल होंगे

ब्रिटेन में पाया गया कोरोना ज्यादा संक्रामक है

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसी सभी घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाए जिनके सुपर स्प्रेडर बनने यानी जिनसे व्यापक रूप से संक्रमण फैलने की आशंका हो यह निर्देश भी दिया गया है कि नववर्ष समारोह और उससे संबंधित आयोजनों तथा सर्दी के मौसम को देखते हुए भीड़ को एकत्र होने से रोकने के उपाय किए जाएं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

संक्रमित लोगों की कुल संख्या एक करोड दो लाख से अधिक हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मु कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में अलीगढ़ जनपद निवासी सीआरपीएफ के शहीद जवान नेत्रपाल सिंह के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धाजंलि दी है मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को पचास लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद नेत्रपाल सिंह के नाम पर करने की भी घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा शहीद के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जायेगी

इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित गरीब परिवारों की मदद के लिये मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू की गई है इसके तहत गरीबों और वंचितों को लाभ मिल रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उन्नति एवं ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये दृढ़ संकल्पित है मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले परिवारों का सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिये

श्री मौर्य ने किसानों से संवाद कार्यक्रम में कहा कि सरकार विकास के कार्यो में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रही है प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण ढंग से सड़क पुल और फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है